सवा करोड़ कोविड योद्धाओं के साथ मिलज़ुल कर काम करने की अपील की

और सारण जमुई तथा भोजपुर में वज्रपात से तेरह लोगों की मौत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना से भारत की लड़ाई में देश की जनता ही नेतृत्व कर रही है लोग सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर यह लड़ाई लड़ रहे हैं आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में आज प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक इस लड़ाई में सैनिक है उन्होंने इस लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और एक दूसरे की मदद के लिए हाथ बढ़ाने पर हर क्षेत्र के लोगों की सराहना की

प्रधानमंत्री ने लोगों से आग्रह किया कि वे अति आत्म विश्वास के जाल में न फंसें और यह भ्रम न पालें कि कोरोना अभी उनके शहर गांव गली या कार्यालय तक नहीं पहुंचा है और न ही पहुंचेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि दो गज दूरी है जरूरी हमारा मंत्र होना चाहिए

कुछ संभावनाओं के मार्ग बनाती है और कुछ नई मंजिलों की दिशा भी देती है इस परिस्थिति में आप सब देशवासियों ने जो संकल्प शक्ति दिखाई है उससे भारत में एक नए बदलाव की शुरुआत भी हुई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि अपने आस पास मास्क लगाये और चेहरा ढके लोगों को देखकर हमें इसका प्रभाव नजर आता है

श्री मोदी ने कहा कि समाज में एक और जागरूकता यह आई है कि अब लोग समझ रहे हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकना चाहिए

तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए

प्रधानमंत्री ने विशेष अभियान लाइफलाइन उड़ान का जिक्र करते हुए कहा कि इससे देश के दूर दराज के क्षेत्रों तक पांच सौ टन से भी अधिक दवाओं और उपकरणों की आपूर्ति की गई है

प्रधानमंत्री ने कहा कि रेलवे और डाक विभाग के कर्मी भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं उन्होंने ऐसे सभी कर्मियों को कोरोना योद्धा बताया श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत पैसा सीधे गरीबों के खातों में भेजा जा रहा है

गरीबों को तीन महीने के मुफ्त गैस सिलेंडर राशन जैसी सुविधायें भी दी जा रही हैं इन सब कामों में सरकार के अलग अलग विभागों के लोग बैंकिंग सेक्टर के लोग एक जमंउ की तरह दिन रात काम कर रहे हैं चिकित्सा सेवाओं से जुड़े देशभर के कर्मियों का हार्दिक आभार प्रकट करते हुए श्री मोदी ने कहा कि डाक्टरों नर्सों चिकित्साकर्मी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य सभी कर्मचारी देश को कोरोना मुक्त करने के लिए रात दिन काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि इनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक अध्यादेश भी लागू किया गया घरेलू कार्य में मदद करने वाले लोगों और आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी करने वालों का उदाहरण देते हुए श्री मोदी ने कहा कि आज लोग यह समझ रहे हैं कि उनके बिना जीवन कितना मुश्किल होता जा रहा है बाईट हमारे किसान भाई बहनों को ही देखिये एक तरफ वो इस महामारी के बीच अपने खेतों में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और इस बात की भी चिंता कर रहे हैं कि देश में कोई भी भूखा ना सोये हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से इस लड़ाई को लड़ रहा है

कोई खेत की सारी सब्जियाँ दान दे रहा है तो कोई हर रोज सैंकड़ों गरीबों को मुफ्त भोजन करा रहा है कोई जें

प्रधानमंत्री ने अक्षय तृतीया के अवसर पर लोगों से कहा कि यह पर्व हमें पर्यावरण वन नदियों और समूची पारिस्थितिकी के संरक्षण का महत्व बताता है

आज के कठिन समय में यह एक ऐसा दिन है जो हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा हमारी भावना अक्षय है यह दिन हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ रास्ता रोकें चाहे कितनी भी आपदाएं आएं चाहे कितनी भी बीमारियों का सामना करना पड़े इनसे लड़ने और जूझने की मानवीय भावनाएं अक्षय है प्रधानमंत्री ने कहा कि रमजान का पवित्र महीना शुरू हो गया है और लोगों को द्रआ करनी चाहिए कि ईद से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और लोग उत्साह के साथ ईद मना सकें

इस बार हम पहले से ज्यादा इवादत करें ताकि ईद आने से पहले दुनिया कोरोना से मुक्त हो जाये और हम पहले की तरह उमंग और उत्साह के साथ ईद मनायें मुझे विश्वास है कि रमजान के इन दिनों में स्थानीय प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोरोना के खिलाफ चल रही इस लड़ाई को हम और मजबूत करेंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें प्रकृति विकृति और संस्कृति को एक साथ देखना चाहिए और इनके पीछे छुपे हुए भावों को देखना चाहिए जिससे हमें जीवन को समझने का नया तरीका नजर आयेगा मन की बात कार्यक्रम के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री की बताई गई बातों का पालन करते हुए हम कोरोना से मुक्ति पा सकते हैं बाईट अनुशासन का अनुभव करेंगे और अनुशासन का पालन करेंगे दो गज दूरी बनाए रखेंगे मास्क पहनेंगे और घर में ज्यादा से ज्यादा रहेंगे तो इसका परिणाम हम कोरोना को हराएंगे और ये उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि एक महीने के अंदर इसको हराना है इसलिए रमजान का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ईद आते आते तक हम इसको हराएंगे प्रदेश में कोविड उन्नीस के तेईस नये मामले सामने आने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर दो सौ चौहत्तर हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया है कि गोपालगंज में नौ रोहतास में छह पूर्वी चम्पारण में चार अरवल में तीन और जहानाबाद में एक नये मरीज की पुष्टि हुई हैं इधर प्रदेश में कोरोना से पीड़ित मरीजों में से आज ग्यारह लोगों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी अब तक छप्पन को उपचार के बाद घर भेज दिया गया है कोविड उन्नीस से प्रदेश में अब तक दो लोगों की मौत हुई है वहीं एक सौ संतानवे मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर घर घर सर्वेक्षण अभियान के तहत अब तक तिहत्तर लाख से अधिक घरों का सर्वे किया जा चुका है सर्वे के दौरान सर्दी खांसी और बुखार वाले दो हजार पांच सौ तिहत्तर लोगों की पहचान हुई है इनमें उन्नीस सौ लोगों के नमूने एकत्र कर लिये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कोरोना संक्रमण की पहचान के लिए घर घर जांच के दौरान गोपालगंज के तीन और भागलपुर के दो लोग संक्रमित पाये गये हैं वहीं बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में बारह लोग पॉजिटिव पाये गये हैं इधर देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर छब्बीस हजार नौ सौ सत्रह हो गयी है वहीं इलाज के बाद पांच हजार नौ सौ चौदह लोग स्वस्थ होकर अपने घरों को जा चुके हैं इस महामारी से देशभर में अब तक आठ सौ छब्बीस लोगों की मृत्यु हुई है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने एम्स पटना को कोविड उन्नीस रोगियों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग की अनुमति दे दी है प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि यह थेरेपी कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के उपचार में अधिक सहायक होगी उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से अपील कि है की वे बैंक की शाखाओं में भीड़ नहीं लगायें श्री मोदी ने कहा कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के जरिए ग्रामीण अपने दरवाजे पर ही कोरोना राहत पैकेज की राशि की निकासी कर सकते हैं प्रदेश में अब तक लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में दस करोड़ पन्द्रह लाख रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक हजार चार सौ इक्यावन लोगों को गिरफ्तार किया गया है जबकि एक हजार पांच सौ साठ प्राथमिकियां दर्ज की गयी हैं चौवालीस हजार से अधिक वाहन भी जब्त किये गये हैं नगर निगम क्षेत्र के बाहर की दुकानों को खोलने के फैसले पर राज्य सरकार की ओर से आधिकारिक परामर्श किया जा रहा है राज्य के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि इस संबंध में विभिन्न जिलों के अधिकारियों से फीडबैक लिया जा रहा है श्री कुमार ने कहा कि लॉकडाउन को प्रभावित किये बिना दुकानों और आवश्यक सेवाओं को शुरू करने पर विचार किया जा रहा है शेखपुरा में बाहर से आये बीस संदिग्ध लोगों के सैम्पल जाँच के लिए पटना भेजा गया है बेगूसराय के वीरपुर प्रखंड की एक महिला सिपाही की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाये जाने के बाद महिला के घर से तीन किलोमीटर के क्षेत्र को सील कर दिया गया है सीतामढ़ी जिले में लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में पुलिस ने अब तक अस्सी वाहनों से पैंतालीस हजार रूपये से अधिक की जुर्माना राशि वसूल की है शेखपुरा जिले के बरबीघा प्रखंड क्षेत्र के करीबपुरा गांव में मस्जिद के इमाम अब्दुल सलाम की ओर से गांव वालों को आरोग्य सेतु एप के बारे में जानकारी दी गयी गया जिले के टिकारी में एक यूवक के कोरोना पॉजिटिव पाये जाने के बाद जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर गांव के सभी प्रवेश मार्गों को सील कर दिया है अरवल के जिलाधिकारी रवि शंकर चौधरी ने बताया है कि जिले के सिमुआरा गांव में पॉजिटिव युवक के सम्पर्क में आये लोगों की जानकारी एकत्र की जा रही है दरभंगा में पुलिस की ओर से विभिन्न थाना क्षेत्रों में दिव्यांग गरीब और मजबूर लोगों तक राशन और अन्य आवश्यक सामग्री पहुंचायी जा रही है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी चन्द्रशेखर सिंह ने बताया है कि जिला में अब तक एक लाख पैंतीस हजार से अधिक लोगों की कोरोना जांच करायी जा चुकी है उन्होंने कहा कि अब तक जिले में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आया है लॉकडाउन के दौरान सरकारी प्रयासों से लाभान्वित लोगों के अनुभव हम आप तक पहुंचा रहे हैं नवादा जिले से करियानंद सिंह ने कहा कि संकट के इस समय में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत मिली धन राशि से उन्हें राहत मिली है

किसान भाइयों को बहुत लाभदायक है इससे बहुत सहायता मिला है

बारिश के दौरान वज्रपात से तेरह लोगों की मौत की खबर है सारण जिले में दस जमुई में दो और भोजपुर में एक व्यक्ति की वज्रपात से मौत हो गई है वहीं आठ अन्य घायल हो गए घायलों को उपचार के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुये प्रत्येक मृतक के निकटतम आश्रितों को चार चार लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने घायलों के निःशुल्क उपचार के आदेश भी दिए हैं केन्द्र सरकार ने वेब पोर्टल पर किए गए इस दावे का खण्डन किया है कि नोवेल कोरोना वायरस संकट के मद्देनजर सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृति की आयु घटाकर पचास वर्ष की जा सकती है पत्र सूचना कार्यालय ने इस खबर को निराधार बताते हुये स्पष्ट किया है कि केन्द्र इस तरह के किसी प्रस्ताव पर न तो विचार कर रहा है और न ही ऐसी कोई योजना बना रहा है

सवा करोड़ कोविड योद्धाओं के साथ मिलजुल कर काम करने की अपील की

और सारण जमुई तथा भोजपुर में वज्रपात से तेरह लोगों की मौत